उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच पूरी करने के लिए सी बी आई को और तीन महीने का समय दिया है सी बी आई को हत्या के पहलू की भी जांच करनी है न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने सीबीआई से आश्रय गृह में रह रही लड़कियों के साथ अप्राकृ तिक यौन संबंधों के आरोपों की भी जांच करने की हिदायत दी यह जांच भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर के तहत होगी पीठ ने जांच एजेंसी से बाहरी लोगों की भूमिका की छानबीन भी करने को कहा है जो आश्रय गृह की लड़कियों को नशीले पदार्थ खिलाकर उन्हें दुष्कर्म के लिए मजबूर करते थे एक ही बार में तीन तलाक दिए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए सरकार संसद में फिर विधेयक लाएगी आज नई दिल्ली में विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ये मसला पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है पिछले महीने सोलहवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाये जाने का विधेयक भी पारित नहीं हो पाया था राज्यसभा में भी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी अपने मंत्रालय की प्राथमिकताओं के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रक्रिया के तालमेल से लोगों को बेहतर कानूनी सुविधा उपलब्ध होगी

इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेस जस्टिस को और इफेक्टिव किया जाये जो ये हमारी पूरी कोशिश होगी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आश्वासन दिया है कि देश में पांच हजार जेनेरिक मेडिकल स्टोर हैं जिन्हें और बढ़ाया जाएगा आज बेंगलुरू में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनऔषधि केंद्रों में पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति सूनिश्चित की जाएगी राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के सूखा प्रभावित सभी क्षेत्रों में यूद्धस्तर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पच्चीस जिलों के दो सौ अस्सी प्रखंडों में जल संकट की बात सामने आई है इन सभी प्रखंडों में खराब चापाकलों को जल्द से जल्द ठीक कराने और वाटर टैंकरों की संख्या भी बढ़ाने का अधिकारियों को का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि इन इलाकों में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी श्री अमृत ने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरसम्भव कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि बटाईदार किसानों को भी इस बार अनुदान दिया जायेगा प्रधान सचिव ने बताया कि प्रदेश में इसबार मॉनसून बाईस से चौबीस जून तक पहुंचने की सम्भावना है उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून के सामान्य रहने की सम्भावना जतायी है श्री अमृत बताया कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में एक साल के अन्दर मौसम केन्द्र काम करने लगेंगे और सभी प्रखंडों में वर्षा मापी यंत्र लगाया जायेगा समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में नियोजित शिक्षकों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्र ने बताया कि याचिका के माध्यम से न्यायालय से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गयी है गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया गया था भोजपुर जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश आर के सिंह ने मामले में वीरबहाद्र अखिलेश मंतोष सिंह और एकम रजवार पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है यह मामला पिछले वर्ष मार्च महीने का है जमुई जिले के जमुई आदर्श थाना क्षेत्र के त्रिपुरारी सिंह लेन के पास अपराधियों ने आज एक व्यक्ति से ग्यारह लाख रूपये से अधिक लूट लिये लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की वहीं सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दो पेट्रोल पंप कर्मी से रूपये भरा बैग लूट लिया इस दौरान अपराधियों द्वारा की गयी गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लग गई जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना व्यक्त की है पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह से ही बादल छाये हये हैं पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले में कई स्थानों पर एक से चार सेंटीमीटर तक बारिश हुई है सबसे अधिक चार सेंटीमीटर बारिश वाल्मिकीनगर में दर्ज की गयी वहीं गौनाहा पताही मेहसी रामनगर केसरिया बगहा और मोतिहारी में एक से दो सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है पूर्णियां कटिहार किशनगंज और अररिया जिले के कुछ हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अगले दो से तीन घंटे के दौरान बक्सर भोजपुर रोहतास और अरवल जिले के आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और इस दौरान खुले स्थान में नहीं निकलने की अपील की है नवादा से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक कौशल यादव और डिहरी से भाजपा के सत्य नारायण सिंह को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने दोनों सदस्यों को अपने कक्ष में शपथ दिलायी वहीं विधान पार्षद संजय झा और राधा मोहन शर्मा को भी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सम्भाल लिया है भागलपुर से जदयू के नवनिर्वाचित सांसद अजय कुमार मंडल ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है श्री मंडल ने विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया सभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया जनता दल यूनाइटेड आठ जून से सदस्यता अभियान चलाएगा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने बताया कि सदस्यता अभियान पांच जुलाई तक चलेगा इसके बाद पार्टी का संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराया जाएगा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने नौ शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के मलपाधुतौली गांव से पुलिस ने पांच सौ साठ बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव से पुलिस ने एक शराब तस्कर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर के पास से तीन सौ साठ बोतल विदेशी शराब दो पिस्तौल और कई कारतूस बरामद की गयी है गोपालगंज जिले के कटैया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार से पुलिस ने लगभग पांच सौ बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ पश्चिम चम्पारण जिले के भिठहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बिनही चेक पोस्ट के पास से पुलिस ने चौरानवे बोतल शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के बगहा चिउटाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दस लीटर चुलाई शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ मनाया जाने वाला पर्व वटसावित्री आज पूरे प्रदेश में परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया गया विशेषकर मिथिलांचल में पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया हिन्द्र धर्मावलम्बी महिलाएं आज के दिन बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने पति की लम्बी आयु की कामना करती हैं औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के पास सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं मधुबनी जिले के साहरघाट के पहिपुरा के पास एक स्कूल बस की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक युवक की मौत हो गयी घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल बस को आग के हवाले कर दिया बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के एजनी गांव से पुलिस ने मोटरसाईकिल लूटेरा गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है